राज्यस्तरीय समारोह अजमेर में आयोजित अन्य जिलों में भी हजारों की संख्या में लोगो ने किया योगाभ्यास वस्तु और सेवा कर परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक बीएसएफ की ओर से बोर्डर की सुरक्षा के लिये कोबरा वायर फेंसिंग और स्मार्ट फेंसिंग का काम जल्द होगा पूरा

इस अवसर पर मुख्य समारोह झारखंड के रांची में प्रभात तारा मैदान में हुआ इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हजारों लोगों ने योगाभ्यास किया

योग अभ्यास के दौरान रबर मैट के स्थान पर खादी से बनी योग मैट का प्रर्योग किया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि योग सबके लिये है उन्होंने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक योग का महत्व पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया

इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर योग अभ्यास के कार्यक्रम किये गये अजमेर के पटेल मैदान और उससे लगते आजाद पार्क में राज्यस्तरीय योग दिवस समारोह आयोजित किया गया सुबह सात से आठ बजे तक प्रशिक्षित योग गुरूओं के निर्देशन में हजारों की संख्या में लोगों ने यहां योग अभ्यास किया कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद मंत्री डा रघ् शर्मा शामिल हुए कार्यक्रम में योग दिवस की थीम योगा फोर हार्ट केयर रखी गई जबकि आयुष मंत्रालय द्वारा योग के लिये प्रोटोकॉल थीम क्लाईमेट एक्शन रखी गई है जयपुर के सवाईमानसिंह स्टेडियम में जिलास्तरीय योग दिवस समारोह हुआ इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सहित कई लोगों ने भाग लिया बाडमेर में आदर्श स्टेडियम में सैकंडो लोगों ने योगाभ्यास किया

प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम के जरिये मन की बात के लिए सुझाव और विचार मांगे हैं श्रोता नमो ऐप ओपन फोरम और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी प्रधानमंत्री से विचार साझा कर सकते हैं

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायड़ ने सदन के सुचारू रूप से संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है नई दिल्ली में कल अपने आवास पर आयोजित भोज में श्री नायडू ने राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया है सदन की गरिमा और संसदीय परंपराओं को कायम रखने के लिए सभी सदस्यों के सहयोग पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा को देश की सभी विधानसभाओं के लिए एक रोल मॉडल के रूप में काम करना चाहिए वस्तु और सेवा कर यानि जीएसटी परिषद की आज नई दिल्ली में बैठक होगी

इस बैठक में जीएसटी कानून में बदलाव के लिए एक मसौदा संशोधन विधेयक को मंजूरी दिए जाने की संभावना है जिससे जीएसटी के भूगतान के दौरान हुई गलतियों के बाद भी व्यापार करने की अनुमति होगी वहीं जीएसटी के देरी से भुगतान की स्थिति में केवल उसके नकद हिस्से पर ही ब्याज लागू होगा केंद्र ने सभी निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी की वापसी समय पर मिलती रहेगी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोटोँ के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि कर वापसी के मामले में मैनुअल जांच शुरू करने के कारण इसमें देरी हो रही है चमकी बुखार से बिहार में हुई मौतों के बाद राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह सहित सभी सरकारी अस्पतालों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए है

सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से बॉर्डर की सुरक्षा लिए जल्द ही कोबरा वायर फेंसिंग और इम्प्रूव्ड अलार्म सिस्टम के माध्यम से स्मार्ट फेंसिंग का काम जेल्द पूरा किया जाएगा यह बात बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नए महानिरीक्षक अमित लोढ़ा ने मीडिया से बातचीत में कही कल पदभार ग्रहण करने के बाद श्री लोढ़ा ने बताया कि बीएसएफ की ओर से सीमा सुरक्षा के लिए स्मार्ट फेंसिंग का कार्य चल रहा है जिसमें इंफ्रारेड सेंसर लगाने का काम शुरू किया गया है

प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है राजधानी जयपुर में भी कल रात ब्रूदाबादी हुई